विकास कार्यों की गुणवत्ता तय करने के लिए सरकार हर ज़िले में स्थापित करेगी क्वालिटी कंट्रोल विंग

प्रदेश में शारदीय नवरात्र की धूम अष्टमी पर आज की गई माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप की आराधना

शपथ ग्रहण समारोह राजभवन शिमला में आयोजित किया गया राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने उन्हें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी समारोह में मौजूद रहे

राजभवन में हुए समारोह में प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश विभिन्न बोर्डो व निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे सहायता केन्द्र सरकार ने सशस्त्र सेना की सभी श्रेणियों के युद्ध शहीदों के निकट परिजनों के लिए आर्थिक सहायता दो लाख से आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को सैद्वांतिक मंजूरी दे दी है यह वित्तीय सहायता सेना युद्ध शहीद कल्याण कोष के तहत दी जाएगी यह संशोधित फैमिली पेंशन ग्रुप इन्श्योरेंस और अनुग्रह राशि के अतिरिक्त होगी वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने अधिकारियों को कार्यो में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि गुणवत्ता तय करने के लिए हर जिले में क्वालिटी कंट्रोल विंग स्थापित किए जा रहे हैं वीरेन्द्र कंवर ने आज मण्डी ज़िले में सराज क्षेत्र के मुरहाग में मनरेगा कार्यों का मुआयना करने के बाद ये जानकारी दी उन्होंने कहा कि मुरहाग पंचायत ने मनरेगा कार्यों में शानदार मिसाल कायम की है और अब पूरे प्रदेश में विकास के इस मॉडल को लागू किया जाएगा

मारकण्डा लाहौल स्पीति ज़िले के कुकुमसेरी में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का कृषि मंत्री रामलाल मारकण्डा ने आज शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि घाटी के बच्चों को निशुल्क व गुणात्मक शिक्षा देने के लिए इस विद्यालय की स्थापना की गई है कृषि मंत्री ने मयाड़ घाटी के दुर्गम गांव छालिंग के लिए साढ़े तीन करोड़ रूपए से बने बस योग्य सम्पर्क मार्ग का शुभारम्भ किया और बस सेवा को भी हरी झण्डी दिखाई

उन्होंने इस मार्ग पर परिवहन निगम की बस सेवा को भी हरी झण्डी दिखाई एक जनसभा में उन्होंने कहा कि चैंग क्षेत्र की सिंचाई योजना के दूसरे चरण के लिए अतिरिक्त बजट का प्रावधान किया जाएगा अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पच्छाद व धर्मशाला उपच्नाव लोकसभा च्नाव से बिल्कुल अलग रहने वाला है और इसके परिणाम भी कुछ अलग ही आएंगे सिरमौर ज़िले के कालाअंब में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बीच भाजपा में गृह युद्ध चल रहा है अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने प्रदेश सहित सिरमौर जिले के लोगों के साथ राष्ट्रीय उच्च मार्ग और गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र का दर्जा देने के नाम पर छलावा किया है बिंदल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि मेले व त्योहार हमारी समृद्ध संस्कृति के परिचायक हैं और इनके आयोजन से भाईचारा और सदभावना बढ़ती है वे आज नाहन के जमटा में दुर्गा अष्टमी के अवसर पर हुए कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि धारटी क्षेत्र का विकास उनकी प्राथमिकता है और इलाके में सड़क नेटवर्क बढ़ाने सहित शिक्षण और स्वास्थ्य संस्थानों को मज़बूत करने के अलावा पेयजल योजनाओं पर तीव्रता से कार्य किया जा रहा है मेला मण्डी ज़िला मुख्यालय में परम्परागत टारना माता मेले का सांसद राम स्वरूप शर्मा ने आज शुभारम्भ किया इस अवसर पर राज देवता माधोराय के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद एक शोभा यात्रा निकाली गई उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित हुए हैं और हर वर्ग व हर क्षेत्र के सुनियोजित विकास पर ध्यान दिया जा रहा है

हादसे में गम्भीर रूप से घायल एक व्यक्ति चम्बा मैडिकल कॉलेज में उपचाराधीन है जानकारी के अनुसार ये लोग मंदिर से चम्बा की ओर लौट रहे थे और तरेला नामक स्थान पर वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हादसे पर गहरा द्ख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिजनों से गहरी संवेदना जताई है

मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने समापन समारोह की अध्यक्षता की

मुख्य सचिव ने फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों का शिमला आने पर आभार जताया उन्होंने प्रस्कार भी वितरित किए पूर्वाभ्यास पच्छाद विधानसभा उपचुनाव के लिए नियुक्त पीठासीन सहायक पीठासीन और मतदान अधिकारियों के लिए आज नाहन में पहला पूर्वाभ्यास करवाया गया जिला निर्वाचन अधिकारी व उपायुक्त आरके परूथी ने कहा कि मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए समय समय पर पूर्वाभ्यास करवाए जाते हैं उन्होंने कहा कि अधिकारियों को चुनाव में प्रयोग की जाने वाली सभी मशीनों का व्यवहारिक ज्ञान भी दिया गया है

पच्छाद के निर्वाचन अधिकारी नरेश वर्मा ने बताया कि मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए क्षेत्र में अनेक गतिविधियां चलाई जा रही हैं भूखखलन सिरमौर ज़िले में सतौन पुल के समीप पांवटा साहिब शिलाई हाटकोटी उच्च मार्ग का एक हिस्सा धंस गया है इसके चलते ट्रांसगिरी क्षेत्र के एक बड़े भाग का सड़क संपर्क टूट गया है नाहन से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार मार्ग अवरूद्व होने से लोग जान जोखिम में डालकर सतौन से गिरि नदी को पार कर उच्च मार्ग के दूसरे हिस्से तक पैदल पहुंच रहे हैं उपायुक्त आरके परूथी ने बताया कि हाईवे को छोटे वाहनों के लिए जल्द बहाल करने के प्रयास किए जा रहे हैं नवरात्र प्रदेशभर में इन दिनों शारदीय नवरात्र की धूम है राज्य के विभिन्न शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और रोज़ाना बाहरी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिमाचल पहुंच रहे हैं

सोलन के माँ शूलिनी मंदिर में सुबह से ही श्रद्दालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है श्रद्दालुओं ने अपने परिवार की सुख समृद्वि की कामना की

समापन अवसर पर विधायक नरेन्द्र ठाकुर ने युवाओं से अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाने का आह्वान किया

उपमण्डल न्यायिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष परमिंदर सिंह अरोड़ा ने लोगों को उनके कानूनी अधिकारों से अवगत करवाया उन्होंने कहा कि लोगों को संविधान के तहत दिए गए अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी मुहैया करवाना विधिक साक्षरता शिविरों का मुख्य उद्देश्य है

इसी कड़ी में वन विभाग के शिमला मुख्यालय में हिम तेंदुए के संरक्षण विषय पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई विभाग के अधिकारियों के अलावा प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन के विशेषज्ञों ने संगोष्ठी में भाग लिया और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की

इकाई के अध्यक्ष अनिल ठाकुर ने बताया कि सम्मेलन में मुख्य रूप से शिक्षा के निजीकरण के मुद्दे पर चर्चा हुई